मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने के लिए आज रायपुर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की भारतीय डाक विभाग द्वारा कल प्रदेश के पांच जिलों रायपुर धमतरी महासमुंद बलौदाबाजार और गरियाबंद में किया जाएगा भारतीय डाक भुगतान बैंक का शुभारंभ मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ खासकर रायपुर दुर्ग बिलासपुर और सरगुजा संभाग में भारी बारिश की दी चेतावनी मतदाता सूची पुनरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम आगामी सात सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है गौरतलब है कि पुनरीक्षण की अवधि आज समाप्त हो रही थी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओमप्रकाश रावत से आज विभिन्न राजनीतिक दलों ने मतदाता पुनरीक्षण का समय बढ़ाने की मांग की थी राजनीतिक दलों की मांग पर श्री रावत ने मतदाता पुनरीक्षण का काम आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने विलोपन अथवा संशोधन के साथ ही दावा आपत्ति के लिए अंतिम तारीख सात सितंबर होगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बैठक भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओमप्रकाश रावत ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज रायपुर में राजनीतिक दलों की बैठक ली करीब एक घंटे तक चली बैठक में उन्होंने राजनीतिक दलों के सुझावों को सुना और उन्हें चुनावी आचार संहिता तथा शर्तों की जानकारी दी बैठक में कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में सिर्फ एक चरण में ही चुनाव कराया जाना चाहिए ताकि मतदान को प्रभावित करने से बचाया जा सके इस दौरान कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार की कई योजनाओं को लेकर शिकायत भी की वहीं भाजपा ने तीन चरणों में चुनाव कराने की मांग की भाजपा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां अलग अलग हैं ऐसे में अलग अलग चरणों में मतदान कराया जाना चाहिए वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने आयोग के सामने चुनावी सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की इसके अलावा पार्टी ने नौ सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा बहजन समाज पार्टी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग रखी जबकि आम आदमी पार्टी ने प्रशासन के दुरूपयोग पर रोक लगाने की मांग की श्री रावत ने बाद में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सहित संभाग आयुक्तों पुलिस महानिरीक्षक जिला कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों और निर्वाचन कार्य से जूड़े अधिकारियों की भी बैठक ली बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों से उनके जिलों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली गई बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त सुनील अरोरा उमेश सिन्हा और अशोक लवासा के अलावा वरिष्ठ अधिकारी तथा छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू भी उपस्थित थे गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं पुस्तक विमोचन छायाचित्र प्रदर्शनी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओमप्रकाश रावत ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रकाशित निर्वाचन प्रशिक्षण संदर्शिका और मतदाता जागरूकता पर आधारित पुस्तक स्वीप एक्शन प्लान का विमोचन किया इस अवसर पर उन्होंने निर्वाचन गतिविधियों को सहजता से संचालित और क्रियान्वित करने के लिए बनाए गए निर्वाचन दो हजार अट्ठारह सुगम सुध्घर समावेशी थीम का अनावरण किया अपने रायपुर प्रवास के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओमप्रकाश रावत ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा संचालित मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के तहत संचालित गतिविधियों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का श्भारंभ किया इस दौरान प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह ने श्री रावत को राज्य में विधानसभा के आम निर्वाचन और स्वीप कार्यक्रम के तहत संचालित मतदाता जागरूकता गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी इस मौके पर भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त सुनील अरोरा और अशोक लवासा सहित भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे छायाचित्र प्रदर्शनी में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब एक्टिविटी फॉर यूथ स्वीप एक्टीविटी दिव्यांग थर्ड जेंडर और सीनियर सिटीजन के लिए आयोजित गतिविधियां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन महाविद्यालयों में मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित क्विज सहित अन्य गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया है वित्त मंत्रालय बैंक केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सितम्बर के पहले सप्ताह में बैंक खुले रहेंगे और नियमित रूप से कामकाज होगा मंत्रालय का स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर महीने के पहले सप्ताह में बैंको के छह दिन बंद रहने की अफवाहों के बाद आया है यह भी स्पष्ट किया गया है कि बैंक केवल दो सितम्बर रविवार और दूसरे शनिवार आठ सितम्बर को बंद रहेंगे तीन सितम्बर को बैंको में अवकाश नहीं है उन्हीं राज्यों में तीन सितम्बर को अवकाश रहेगा जहां छट्टी घोषित की गई है सभी राज्यों में एटीएम पूरी तरह काम करेंगे और ऑनलाइन कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा बैंको को एटीएम में पर्याप्त मात्रा में नकदी उपलब्ध कराने को कहा गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारतीय डाक विभाग द्वारा कल एक सितंबर को प्रदेश के पांच जिलों में भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का श्मारंभ किया जाएगा रायपुर संभाग के पांच जिलों रायपुर धमतरी महासमुद बलौदाबाजार और गरियाबंद में बैंक शाखाएं खोलने के अलावा बीस सेवा केंद्रों का भी शुभारंभ किया जाएगा राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत इन बैंक शाखाओं और सेवा केंद्रों का शुभारंभ करेंगे उल्लेखनीय है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रथम चरण में पूरे देश में कल भारतीय डाक भुगतान बैंक की छह सौ पचास शाखाओं सहित तीन हजार दो सौ पचास सेवा केंद्रों का एक साथ शुभारंभ किया जाएगा

यह रैली पांच सितंबर तक चलेगी इस रैली के माध्यम से भारतीय वायुसेना सुरक्षा के पदों पर भर्ती की जाएगी भर्ती रैली में राज्य के सभी जिलों के पात्र और इच्छुक पुरूष युवा भाग ले सकेंगे आधिकारिक जानकारी के मुताबिक रैली के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षण तीन सितंबर को भी आयोजित किया जाएगा आज दंतेवाड़ा बस्तर दुर्ग रायगढ़ राजनांदगांव धमतरी महासमुंद कांकेर बीजापुर सुकमा कोंडागांव नारायणपुर गरियाबंद और बालोद जिलों के युवा रैली में शामिल हुए जबकि तीन सितंबर को बलौदाबाजार बलरामपूर बेमेतरा बिलासपूर जांजगीर चांपा जशपूर कबीरधाम कोरिया कोरबा मुंगेली रायपूर सरगुजा और सूरजपुर के युवा इसमें शामिल हो सकेंगे इस भर्ती रैली में पहले से आवेदन करने की आवश्कता नहीं है रैली में शामिल होने के लिए युवा निर्धारित तिथि को सुबह पांच से नौ बजे तक टोकन प्राप्त कर सकते हैं भाजपा बैठक प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज राजधानी रायपुर में अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा की बैठक हुई बैठक का शुभारंभ भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने किया बैठक में श्री साय ने मोर्चा संगठन के पदाधिकारियों से संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कल जिला अध्यक्षों और संगठन प्रभारियों की बैठक ली थी बैठक में उन्होंने बताया कि आगामी बारह से तीस सितंबर तक अटल विकास दूत कार्यक्रम हर विधानसभा में आयोजित किया जाएगा माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने एक महिला माओवादी को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार माओवादी के पास से इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और बम बनाने की सामग्री जब्त की गई है मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने अरनपुर थाना क्षेत्र के पोटाली पटेलपारा से तलाशी अभियान के दौरान इस महिला माओवादी को पकड़ा यह माओवादी जनमिलिशिया सदस्य के रूप में क्षेत्र में सक्रिय थीं मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ खासकर रायपुर दुर्ग बिलासपुर और सरगुजा संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी है विभाग ने कहा है कि बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है संक्षिप्त समाचार राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस गोविंद राम चुरेन्द्र को रायपुर संभाग का नया कमिश्नर नियुक्त किया है वे ब्रजेश मिश्रा का स्थान लेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया आज रात रायपुर आ रहे है वे कल एक सितंबर को राजीव भवन में प्रदेश चुनाव अभियान समिति की बैठक लेंगे

इस मौके पर राजधानी रायपुर में बेहतर स्वास्थ्य समृद्धि और खुशहाली के लिए नारियल विषय पर संगोष्ठी आयोजित की जाएगी बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम खम्हरिया में आज घर की दीवार ढहने से मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई